सत्र की शुरूआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी आर्थिक सर्वेक्षण भी आज ही संसद में पेश किया जाएगा आम बजट कल एक फरवरी शनिवार को पेश किया जाएगा

इस बीच व्यापार उद्योग से जुड़े संगठनों को आम बजट से बहुत ही उम्मीद हैं कोरोना वायरस केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में प्रयोगशाला सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है कल से छह और प्रयोगशालाओं ने काम करना शुरू कर दिया है जबकि छह अन्य प्रयोगशालाएं आज से काम करना शुरू कर देंगीं इस वायरस को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विदेश रक्षा गृह नागर विमानन सूचना और प्रसारण श्रम व रोजगार सहित जहाजराणी जैसे संबद्व मंत्रालयों के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ भी इस वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया सरकार ने बेहतर ढंग से निगरानी के लिए संबंधित पर्यटक स्थलों पर चैक पोस्ट बनाने का फैसला लिया है साथ ही ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें और नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर को प्रचारित करे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृतसंकल्प है वे कल हमीरपुर ज़िले में बड़सर के लोहारली में नवनिर्मित पंचायत घर के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे

इससे पूर्व उन्होंने लोहारली स्कूल के समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया सुरज कुंड पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि ये शिल्प मेला प्रदेश के विभिन्न उत्पादों और पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए काफी अच्छा मंच है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथयात्रा से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है भगवान रघुनाथ जी की रथयात्रा में उमड़ा जनसैलाब बसंत पंचमी के अवसर पर निकाली जाती है रथयात्रा दैनिक भास्कर के शब्द हैं भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ होली उत्सव शुरू दिव्य हिमाचल लिखता है बसंत पंचमी पर कुल्लू में हाली उत्सव का आगाज

अमर उजाला ने खबर दी है मार्च के पहले हफ्ते में पेश होगा हिमाचल का बजट इसी समाचार पत्र की छात्रवृति घोटाले पर सुर्खी है शिक्षा विभाग के एक दर्जन पूर्व अफसरों को सीबीआई का नोटिस कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल में अलर्ट जारी शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है मैक्लोडगंज और होटलों में विदेशी पर्यटकों का पंजीकरण होगा वहीं दैनिक भास्कर के शब्द हैं हिमाचल में एडवाइजरी रेपिड रिस्पॉन्स टीमें बनाईं मेक्लोडगंज में आउटपोस्ट बनेगा विदेशों से आने वालों की यहां रजिस्ट्रेशन होगी

इसी समाचार पत्र के मुताबिक सात दिन में हटाने होंगे निजी वाहनों से पुलिस के स्टीकर स्कूलों में वार्षिक समारोह पर रोक तीन माह तक नहीं होगा कोई भी कार्यक्रम पंजाब केसरी की एक खबर है आपका फैसला ने लिखा है शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में वार्षिक समारोहों पर लगाई रोक एयर इंडिया ने लगाया कट मार्च तक मंगलवार और वीरवार नहीं उेंगी दिल्ली शिमला उड़ान वन शीर्षक से खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल प्रदेश में पांच मोबाइल स्टोन कशर बंद जबकि दिव्य हिमाचल का कहना है पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला इसी समाचार पत्र के मुताबिक पीटीए शिक्षक ट्रांसफर पालिसी से बाहर